मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन पैंतीस हजार करने के निर्देश दिए प्रदेश में कल से तीन दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाने को कहा प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य में नई स्टार्ट अप नीति को मंजूरी दी मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी कानपुर पुलिस हत्या मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर पुलिस ने इनाम की धनराशि बढ़ाकर पांच लाख रूपए की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे श्री मोदी लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये सामाजिक कार्यो की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री ने कल अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कोविड महामारी के दौरान वाराणसी के नागरिकों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पूरे समर्पण भाव से न केवल जरूरतमंदों की मदद की बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी हर प्रकार की सहायता दी श्री मोदी ने कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से होने वाले संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हैं उधर सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि वाराणसी में सौ से अधिक संस्थाओं ने लॉकडाउन के दौरान बीस लाख भोजन के पैकेट और दो लाख राशन किट का वितरण किया इसके अलावा इन संस्थाओं ने सैनिटाइजर तथा मास्क और अन्य वस्तुएं भी जनता को उपलब्ध कराई

उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर और ट्रनेट मशीन से प्रतिदिन पैंतीस हजार टेस्ट किए जाएं उन्होंने रैपिड एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से भी रोजाना बड़ी संख्या में टेस्ट करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रूनेट मशीन से टीवी की भी जांच की जा सकती है इसलिए इस बहुपयोगी मशीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने में कोविड हेल्प डेस्क को मजबूत कड़ी बताया उन्होंने कहा कि इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी कर सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बताया जाए कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के संदेश को अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है उन्होंने फिर दोहराया कि लोग अनावश्यक घर से बाहर न निकलें कोविड नाइन्टीन और संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीन दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि यह अभियान आगामी शुक्रवार शनिवार और रविवार को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायतीराज विभाग सहित अन्य विभाग व संस्थाएं मिलकर यह अभियान चलाएं प्रदेश सरकार ने राज्य में नई स्टार्ट अप नीति को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है इसमें आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं को अप्रेंटिस कराने वाली कंपनियों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दो हजार पांच सौ रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी इसके लिए बजट में एक सौ करोड़ रूपए की धनराशि का प्रावधान भी कर दिया गया है मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति दो हजार अट्ठारह में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है मंत्रिपरिषद ने मेरठ के हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं की समय पूर्व जानकारी देने में दामिनी ऐप काफी मददगार साबित हो रही है प्रदेश के गन्ना विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशानिर्देश जारी कर किसानों को अपने मोबाइल में दामिनी ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को कहा है गन्ना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी ने बताया भारत सरकार द्वारा एक बहत सुन्दर ऐप बनाया है दामिनी जो आपके गुगल प्ले स्टोर पे और आई फोन के ऐप स्टोर पे उपलब्ध है

तो कृपया करके ऐसे समय आप अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाये यह ऐप आपको इतना समय उपलब्ध करा देता है कि आप अपने सुरक्षित स्थान पर जा सके प्रदेश में कोविड नाइन्टीन मामलों की जांच का आंकड़ा दस लाख के पार हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कोरोना मामलों की प्रतिदिन होने वाली जांच में तेजी आयी है राज्य में अब तक कोविड नाइन्टीन के कुल दस लाख तीन हजार दो सौ अस्सी नमूनों की जांव की जा चुकी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में चौतीस हजार पचासी नमूनों की जांच की गयी यह एक दिन में कोविड नाइन्टीन के नमूनों की जांच की सर्वाधिक संख्या है उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार एक सौ छियानबे नये मामले सामने आने के बाद अब तक कुल संक्रमितों की संख्या तीस हजार एक सौ छप्पन हो गई है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के नौ हजार नौ सौ अस्सी सक्रिय मामले हैं और बीस हजार तीन सौ इकत्तीस रोगी ठीक होकर घर जा चुके हैं उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना से आठ सौ पँतालीस लोगों की मौत हुई है प्रदेश पुलिस ने कानपुर पुलिस हत्या मामले के मुख्य दोषी और कुख्यात अपराधी विकास दुबे पर इनाम की राशि ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रूपये कर दी है राज्य के अपर महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत क्मार ने कल बताया कि पुलिस कानपुर पुलिस हत्या मामले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि हमारे बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने बताया कि इस मामले के अन्य दोषी अमर दुबे को एक मुठमेड़ में मार दिया गया है और विभिन्न स्थानों से विकास दुबे के कुछ और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है उधर कानपुर के चौबेप्र थाना के निलंबित थाना प्रभारी विनय तिवारी और बीट प्रभारी के के शर्मा के विरूद्व आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है पीलीमीत जनपद देश के उन बासमती उत्पादक जिलों में शामिल है जिन्हें भारत सरकार ने बासमती उत्पादन के लिए जीआई टैग दिया है यहां एक लाख इकतालीस हजार हेक्टेयर रकबे में धान की रोपाई की जा रही है

धान की रोपाई के बाद किसान क्या करें इस बारे में कृषि वैज्ञानिक बॉ शैलेंद्र सिंह बाका ने बताय धान लगाने के बाद दो तीन दिन के अंदर अंदर उसमें घास मारने वाली दवाई ट्री ट्रीला क्लोर आया लीटर प्रति एकड़ की दर से जमीन में जरूर डालें जिससे कि धान को घास से बचाया जा सके इसके अलावा इस समय जो धान तग चुका है उसमें पहली यूरिया के साथ साथ साथ दो किलो प्रति एकड़ की दर से सल्फर का प्रयोग अकश्य करें लगातार हो रही बरसात संकेत दे रही है कि इस बार जिले में धान का उत्पादन काफी अच्छा रहेगा

पीलीभीत जनपद में शारदा नदी में रमनगरा के पास कल नाव पलट जाने से हुई दुर्घटना में नाव में सवार दो लोगों मौत हो गयी जबकि सात अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया कानपुर नगर जनपद के रावतपुर गांव में तालाब में नहाने गये तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गयी कौशाम्बी में थाना सराय अकिल क्षेत्र के गांव चित्तापुर में दो बच्चियों की डूबने से मृत्यु हो गयी दोनों कल तालाब किनारे खेलने गयी थीं कि हादसा हो गया